जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाक्र ने कहा प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास के उदेश्य से कर रही है काम सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्य समयबद्व पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश

इनमें घुमारवीं स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के अतिरिक्त भवन के उद्घाटन सहित मिनी सचिवालय भवन और जल जीवन मिशन के तहत विभिन्न उठाऊ जल आपूर्ति योजनाओं के शिलान्यास शामिल हैं इस अवसर पर भराड़ी में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि सरकार क्षेत्र में लोगों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश का संतुलित व समग्र विकास सुनिश्चित कर रही है और किन्हीं कारणों से विकास से वंचित रह गए क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जयराम ठाकुर ने ये भी कहा कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश में तैयार की जा रही विकासात्मक परियोजनाएं निर्घारित समय अवधि में पूरी की जा सके खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने क्षेत्र में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया भेंट रिपब्लिक ऑफ कोरिया के राजदूत शिन बोंग किल ने आज शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की इस दौरान भारत कोरिया द्विपक्षीय संबंधो को सुदृढ़ करने पर चर्चा की गई राज्यपाल ने कहा कि कोरिया और हिमाचल पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के अलावा सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के माध्यम से अपने रिश्तों को और अधिक मजबूत बना सकते है राजदूत ने कहा ने कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया व भारत मिल कर क्षेत्रीय संपर्क को फिर से विकसित करने और लोगों से संपर्क स्थापित करने के लिए कार्य कर सकते हैं

इस अवसर पर सोसायटी के सचिव पीएस राणा ने बताया कि ये सामग्री ज़िला रैडक़ॉस सोसायटियों के जरिए आम लोगों विशेषकर गरीब व्यक्तियों को निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी उन्होंने कहा कि राज्य रैडक्रॉस द्वारा पीड़ित मानवता की सेवा से जुड़ी इस तरह की सेवाओं को समय समय पर आयोजित किया जाता हैं महेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने मंडी ज़िले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में आज दरेई बस्ती लोअर घनाला सड़क का भूमि पूजन किया इस अवसर पर जन समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास के उदेश्य से कार्य कर रही है महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के संधोल में जल्द ही सौ बिस्तरों की क्षमता वाला अस्पताल निर्मित हो जाएगा उन्होंने कहा कि इसके अलावा क्षेत्र में आईटीआई व कॉलेज भवन सहित मिनी सचिवालय का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है महेंद्र सिंह ठाकुर ने लोगों से शिवा प्रोजेक्ट के तहत फलों का उत्पादन करने के लिए क्लस्टर बनाने का आग्रह भी किया भारद्वाज शहरी विकास व नगर नियोजन मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि वैदिक संस्कृति हमारी प्राचीन पद्धति का अभिन्न अंग है जो जीवन के अनेक पहलुओं के संबध में सकारात्मक व सामुदायिक सहयोग की आवश्यकता को बल देती है ये बात आज उन्होंने शिमला के कैथू में नवनिर्मित सामुदायिक भवन के उद्घाटन अवसर पर कही सुरेश भारद्वाज ने लोगों से वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना करने का आग्रह भी किया सुरेश कश्यप सांसद व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने अधिकारियों को केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यो की प्रगति को लेकर सक्रिय प्रयास करने को कहा है शिमला में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि कार्यो की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोताही बर्दाशत नही की जाएगी

कश्यप ने अधिकारियों को इन योजनाओं के कार्यों की पूर्ति समयबद्ध रूप से करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को इनका लाभ मिल सके गोविंद ठाकुर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाक्र ने कुल्लू जिले में पतलीकृहल के समीप कटराईं में आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अग्निशमन केंद्र का उदघाटन किया

गोविंद ठाकुर ने कहा कि इस केंद्र में एक फायर टेंडर स्थापित किया गया है और छः अग्निशमन कर्मियो की तैनाती की गई है और चरणबद्ध तरीके से अग्निशमन कर्मियों की तैनाती को बढ़ाया जाएगा उन्होंने कहा कि पतलीकूहल में जल्द ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन भी बनाया जाएगा

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस योजना के तहत अब तक अढ़ाई लाख से अधिक परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा चुके हैं

पठानिया आभार हिमाचल बैडमिंटन एसोसिएशन के महासचिव राजेंद्र शर्मा ने धर्मशाला में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा के लिए वन व खेल मंत्री राकेश पठानिया का आभार जताया है एक ब्यान में उन्होंने कहा कि बैडमिंटन अकादमी ख्लने से राज्य में बैडमिंटन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी राजेंद्र शर्मा ने कहा कि खेल मंत्री ने कोरोना महामारी के हालात में सुधार होने पर अगले वर्ष प्रदेश में राष्ट्रीय जुनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजित करने की बात भी कही है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के दृष्टिगत खेल परिसरों को सशर्त खोलने की इजाजत दी है औषधीय खेती जनजातीय ज़िला लाहौल स्पीति में नकदी फसलों के साथ साथ औषधीय पौधों की खेती किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है